ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही उन्होंने कहा कि प्रदेश के अपने वेतन आयोग को गठित करने पर भी विचार किया जा रहा है

इसके अलावा सदन में अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे कांग्रेस रैली प्रदेश कांग्रेस पार्टी आज शिमला के चौड़ा मैदान स्थित अंबेडकर चौक पर सरकार के खिलाफ एक जनसभा का आयोजन करेगी जिसमें प्रदेश पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला खासतौर पर मौजूद रहेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बताया कि जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पार्टी के सभी पूर्व प्रदेशाध्यक्ष विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता कांग्रेस विधायक व अन्य पार्टी नेता शामिल होंगे उन्होंने कहा कि जनसभा में बढ़ती महंगाई बेरोज़गारी भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित जनहित से जुड़े अन्य मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा जाएगा

ये जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की अध्यक्षा शशि बाला ने कहा कि बैंक ने यह योजना बीते वर्ष नवंबर में शुरू की थी जिसके अंतर्गत ऋण लेने वाले किसानों को व्याज में भारी छूट का प्रावधान किया गया था अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश विधानसभा से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है

दैनिक जागरण लिखता है बदलेंगे ठेकेदारों के पंजीकरण नियम दैनिक सवेरा टाइम्स और पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से सुर्खी दी है छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने पर होगा विचार दिव्य हिमाचल लिखता है हिमाचल में छठा वेतन आयोग देने के संकेत अमर उजाला की एक खबर है राज्यपाल की सुरक्षा के लिए छावनी में बदला तकनीकी विश्वविद्यालय वीसी को भी रोका आपका फैसला का कहना है हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय ने ध्र्मधाम से मनाया तीसरा दीक्षांत समारोह

कांग्रेस की शिमला में रैली आज शीर्षक से डैमोकेसी हिमाचल लिखता है राजीव शुक्ला सहित प्रदेश के शीर्ष नेता होंगे शामिल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

नमस्कार